हर परिवार को दो दो हजार रूपये की दो किस्तों में कुल चौदह हजार छह सौ छियालिस करोड़ रूपये वितरित किए गए है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सूची में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है प्रदेश में दो करोड़ बीस लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं बहत्तर लाख किसानों के साथ आन्ध्र प्रदेश दूसरे नम्बर पर और पचास लाख किसानों के साथ महाराष्ट्र तीसरे नम्बर पर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लक्ष्य देश के चौदह करोड़ पचास लाख किसानों को लाभ पहुंचाना है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विदेशों में काम कर रहे भारतीय मूल के चिकित्सा पेशेवरों से भारत में एक गांव गोद लेने और वहां प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने का आग्रह किया है उन्होंने इस दिशा में सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की श्री नायडू हैदराबाद में भारतीय मूल के चिकित्सकों के अमरीकी संघ के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली अपनाने और चिकित्सा शोध का लाम आम लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया भारतीय चिकित्सा शोध परिषद के एक अध्ययन का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि गैरसंचारी रोगों के कारण हुई मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और यह सढ़सठ प्रतिशत हो गई है जबकि उन्नीस सौ निन्यानवे में यह सैंतीस प्रतिशत थी उन्होंने गैरसंचारी रोगों बारे में जागरूकता लाने और आपात चिकित्सा सेवा पर जोर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोनभद्र गोलीबारी के पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मुख्यमंत्री पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव के साथ पीड़ित परिवारों से मिलने आज तीसरे पहर उम्माह गांव पहुंचे बैठक के दौरान ग्रामवासियों ने अपनी मांगे सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखीं मुख्यमंत्री सोन्भद्र जिला अस्पताल भी जाएंगे जहां घायल ग्रामवासियों का उपचार किया जा रहा है

भारतीय मिशन चन्द्रयान ट् के प्रक्षेपण की तैयारी अंतिम चरण में है आंघ्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से कल दोपहर बाद दो बजकर तिरालिस मिनट पर इसे जीएसएलवी मार्क थ्री रॉकेट से भेजा जाएगा उल्टी गिनती आज शाम शुरू होगी छह सौ चालीस टन भार ले जाने में सक्षम यह रॉकेट चंद्रयान ट् को पृथ्वी की वलयाकार कक्षा में लेकर जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार चंद्रयान दू तेईस दिन तक पृथ्यी की परिक्रमा करेगा इसके बाद यह पृथ्यी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा प्रक्षेपण के तीसवें दिन यह चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा उसके बाद तेरह दिन तक यह चंद्रमा की परिक्रमा करेगा चंद्रयान ट् का लैंडर विक्रम तिरालिसवें दिन ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा उसके बाद यह धीमी गति से चंद्रमा के निकट पहंचेगा हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अड़तालिसवें दिन यानी सात सितम्बर को इसके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की आशा है चन्द्रयान दू को पंद्रह जुलाई की सुबह फ्रक्षेपित किया जाना था लेकिन प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक हिस्से में गड़बड़ी का पता लगने के बाद इसका प्रक्षेपण टालना पड़ा था खराबी को दूर करने के बाद अब इसे कल प्रक्षेपित किया जाएगा उड़ान की अवधि चौवन दिन से घटा कर अड़तालिस दिन कर दी गई है यह यान चंद्रमा पर पूर्व निर्घारित तारीख पर ही पहुंचेगा मिशन की सफलता के बाद भारत चन्द्रमा की सतह पर उतरने वाला चौथा देश हो जाएगा केन्द्र सरकार खादी की लोकप्रियता बढ़ाने तथा लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए देश में खादी की ब्रैंडिंग और इसके उत्पादन को बढ़ावा दे रही है केन्द्र सरकार की पहल के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार अब सौर चरखा द्वारा बनायी गई खादी की वर्दियां प्राथमिक स्कूली बच्चों को प्रदान करने की योजना बना रही है लखनऊ से हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में अब स्कूली बच्चे भी खादी की यूनीफॉर्म पहने हए नजर आयेंगे सरकार ने स्कूली बच्चों को खादी की बनी यूनीफॉर्म मुहैया कराने के लिए चार जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है और इस महीने के अंत तक इन जिलों में स्कूली बच्चों को स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से तैयार खादी की यूनीफॉर्म मुहैया करा दी जायेगी प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि सोलर चरखे की मदद से जारी यह प्रयोग सफल रहा तो जल्द ही पूरे प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के बच्चे खादी की यूनीफॉर्म में नजर आयेंगे प्रदेश सरकार के इस कदम से न केवल खादी हर घर का हिस्सा बनेगी बल्कि इस उद्योग से जुड़े लाखों लोगों को स्वरोजगार भी मुहैया होगा सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ